प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों के विलंबित भुगतानों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए चार सूक्ष्म और लघु परिषदों का किया गया गठन

दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है आज सुबह वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ की मौजूदगी में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर आठ अपार्च हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया

इस ग्रूप का प्रशिक्षण इस वर्ष दिसंबर में शुरू होने की संभावना है

गौरतलब है कि अब तक महिलाए सैन्य सेवा में विभिन्न प्रतिष्ठानों का हिस्सा थीं लेकिन केवल अधिकारियों के रूप में पहली बार सैनिकों के रूप में महिलाओं को सेना में शामिल किया जाएगा वर्तमान में महिलाओं को चिकित्सा शिक्षा कानूनी सिग्नल और इंजीनियरिंग विंग में अधिकारी के रूप में चयनित भूमिका के लिए भर्ती किया जाता है

इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी ने कल कुलभूषण जाधव से मुलाकात की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद यह तय किया जाएगा कि किस हद तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशो का पालन हुआ है

इस फैसले में पाकिस्तान को विएना संधि के उल्लंघन का दोषी पाया गया था और उसे आदेश दिया गया था कि भारतीय दृतावास के अधिकारियों को जाधव से मिलने का अवसर दिया जाए प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुलाकात में ऐसा लगा कि जाधव पाकिस्तान के झूठे दावों को दोहराने के लिए काफी दबाव में हैं

वित्तीय प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर गठित संचालन समिति ने कल नई दिल्ली में वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन को अपनी रिपोर्ट सौंपी समिति ने सिफारिश की है कि वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों को नियमन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए और वित्तीय सेवा प्रदाताओं को भी इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए संचालन समिति ने बीमा कंपनियों और ऋण दाता एजेंसियों को फसलों और उनके नुकसान के जोखिम का आकलन करने के लिए ड्रोन और दूर संवेदी तकनीक का उपयोग करने को कहा है

राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह के अवसर पर एनआईएन की निदेशक डॉ हेमलता ने कहा कि देश के सोलह राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वजन मोटापा और गैर संचारी बीमारियों के बारे में हाल में आंकड़ा तैयार किया गया है इसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना शिक्षा और संचार के जरिए लागू किया जाएगा एनआईएन सात सितम्बर तक चलने वाले राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह के अवसर पर विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में प्रशासनिक विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है डॉ शर्मा ने कल विभाग में बजट घोषणाओं की कियांविति के संबंध में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे चिकित्सा मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिकों के लिए जल्द ही स्थान चुनकर अग्रिम कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये

बिड़ला सभागार में आयोजित होने वाले समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे जबकि अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा करेंगे श्री डोटासरा ने बताया कि शिक्षक दिवस पर प्रत्येक जिले से तीन तीन शिक्षकों को तथा राज्य स्तर पर चार शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा उन्होंने बताया कि शिक्षक सम्मान के अंतर्गत इस बार जिला और ब्लॉक स्तर पर भी शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा

जयपुर से ये रैलियां बीकानेर अलवर डूंगरपुर उदयपुर माउंटआबू और बाड़मेर के लिए रवाना की जाएगी इस दौरान ये गांव गांव जाकर जन जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित करेंगी अभियान का समापन माउंटआबू स्थित ब्रह्मा क्मारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में होगा

उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि अब तक एक ही सुविधा परिषद होने से प्रकरणों के निस्तारण में लंबा समय लग जाता था एमएसएमई प्रमुख सचिव ने बताया कि चारों सुविधा परिषदों का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है

मोती डूंगरी गणेश मंदिर से गढ गणेश मंदिर तक आयोजित शोभायात्रा के लिए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है